प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल देशभर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल किसानों व बागवानों को बिचौलियों से बचाने में बना मददगार हिंदी दिवस पर प्रदेशमर में कई कार्यक्रम आयोजित

वे आज शिमला में राष्ट्रीय राजमार्गों की मुरम्मत व पुनर्बहाली के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि ढलानों को स्थिर करने के लिए रॉक बोल्टिंग जैसी नई तकनीक अपनाने और जल निकासी के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कीरतपुर मनाली फोरलेन का कार्य धीमी गति से किए जाने पर नाराज़गी जताते हुए इसमें तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए

जयराम राज्य सरकार प्रदेश में नशीले पदार्थों के प्रयोग के खिलाफ सख्ती से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशीले पदार्थो का सेवन एक वैश्विक समस्या बन गई है उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए संयुक्त और ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को उन क्षेत्रों में नियमित छापेमारी करनी चाहिए जहां से नशीले पदार्थों की आपूर्ति की संभावना अधिक हो जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बुराई पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न विमागों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा और विमागों के साथ प्रभावी समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ शुरू किए जा रहे अभियान की सफलता के लिए विभागों के आपसी तालमेल पर भी बल दिया नेत्रदान केन्द्र खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में आज नेत्रदान केन्द्र का उद्घाटन किया इस मौके पत्रकारों से बातचीत में किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है विपिन परमार ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में नेत्रदान केन्द्र खोले जाएंगे उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों में कोई भी व्यक्ति नेत्रदान के लिए आवेदन कर सकता है विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके नेत्रदान की शपथ लेने वालों को सम्मानित भी किया दोनों मंत्रियों ने लोगों से स्वेच्छा से नेत्रदान करने की अपील भी की सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री मातू वंदना योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल को देशभर में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है केन्द्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना का एक वर्ष पूरा होने पर देशमर में पहली से सात सितम्बर तक मातु वंदना सप्ताह मनाया गया और देहरादून में हुए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदेश को ये सम्मान मिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर भारत में प्रधानमंत्री मातू वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए बिलासपुर को भी सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता ज़ाहिर करते हुए संबंधित विभाग व प्रदेशवासियों को बधाई दी है

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया है कि वह आरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन संबंधी प्रमाण पत्र कुष्ठ रोगियों को भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलग नियम बनाने पर विचार करे मख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में आज केन्द्र और सभी राज्यों को कई निर्देश दिए

सोलन स्थित सब्जी मंडी भी इस पोर्टल के साथ जुड़ी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मंडी को ई नाम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है

ई नाम से उन्हें उनके उत्पादों के उचित दाम भिल रहे है और पैसों के लेन देन की चिंता भी नहीं रहती

राष्ट्रीय कृषि बाजार जहां किसानों व बागवानों को बिना किसी परेशनी के उत्पाद बेचने का स्थान मुहैया करवा रहा है वहीं ऑनलाईन पेमैंट होने से डिजीटल इण्डिया के सपने को भी साकार करने में मदद मिल रही है सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ मैं प्रभा शर्मा आकाशवाणी समाचार शिमला हिंदी दिवस आज हिंदी दिवस मनाया गया

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए

समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायड् ने कहा कि हिन्दी के बगैर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना संभव नहीं है हिंदी दिवस पर प्रदेशभर में भी कई कार्यकम आयोजित किए गए शिमला में हुए राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिंदी भाषा का निरंतर व्यवहारिक रूप में उपयोग करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासशील देश अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं

इस बीच अखिल भारतीय साहित्य परिषद की शिमला इकाई द्वारा पोर्टमोर स्कूल में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से हिंदी भाषा में संवाद करने का आहवान किया हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय मोरंज में इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में प्राचार्य अंजु सहगल और एनएसएस कार्यकम अधिकारी मनोज डोगरा ने विद्यार्थियों को हिंदी की प्रासंगिकता और विशिष्टता से अवगत करवाया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि पूर्व सरकार द्वारा उन पर राजनैतिक द्वेष के चलते लगाए गए आरोप निराधार पाए गए हैं कुल्लू के शाढ़ाबाई में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसी तरह के अन्य केस भी बनाए गए हैं और इनमें भी वे पहले की तरह पाक साफ निकलेंगे धूमल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की गति को तेज़ किया है माजपा बैठक प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की एक समीक्षा बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में हई इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र के पालक राजीव सहजल ने की

राजीव सहजल ने कहा कि बैठक में सभी समितियों से कार्यसभिति को लेकर सुझाव लिए गए और उनकी समीक्षा की गई